आंतकी समूह जैस ए मोहम्मद द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाने की धमकी के बाद हरियाणा में रेलवे स्टेश्नों पर सुरक्षा बढ़ाई गई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास संभव है और नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध पर नमामि नर्मदे महोत्सव में श्री मोदी ने कहा कि हमने साबित कर दिया है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास संभव है उन्होंने कहा कि प्रकृति हमारा आभूषण है और हम इसकी पूजा कर रहे है श्री मोदी ने कहा कि विकास स्थानीय जनजातियों केा रोज़गार प्रदान करेगा उन्होंने ऐसे स्थानों के सिंगल यूज प्लासिटक से मूक्त बनाने के लिए लोगों से अपील की

इससे पहले प्रधानमंत्री ने ग्रजरात के केवडिया में सरदार सरोवर बांध में नर्मदा के पानी का स्वागत करने के लिए पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार पटेल के सपने की सराहना करते हये कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले महीनें जम्मू कश्मीर पर फैसला लिया जिसके पीछे भारत के पूर्व गृहमंत्री की प्ररेणा थी श्री मोदी ने कहा कि सरकार का जम्मू कश्मीर बारे लिया गया निर्णय दशकों पुरानी समस्या का समाधान खोजने का एक प्रयास है

इसकेक अतिरिक्त रोगों के निदान पर साढ़े सात हजार रूपये खर्च किए गए है

योजना में भ्रष्टाचार को बर्दास्त न करने पर ज़ोर देते हये उन्होंने कहा कि धोखे का पता लगाने इसके नियंत्रण और कार्रवाई की नीवनतम प्रक्रिया विकसित की गई है इसके अलावा आई टी सेवाओं की सहायता से प्रणाली में सुधार किया गया है

पंचकूला में यह जानकारी देते हुये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवसथा श्री नवदीप सिंह विर्क ने कहा कि राज्य में रेलवे स्टेशनों से ग्रजरने वाली सभी रेलगाडियों की गहन जांच की जा रही है रेलवे स्टेश्नों के भीतर और आस पास उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा दस्ते तैनात कर दिये गये है एहतियात के तौर पर रेलवे स्टेशनों के बाहर खड़े वाहनों की जांच की जा रही है रेलवे स्टेश्नों के परिसर के भीतर किसी भी संदिग्ध् अनसर की तलाश के लिए सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल संयुक्त अभियान चला रहे है हरियाणा प्लिस महानिदेशक श्री मनोज यादव ने आज हरियाणा प्लिस की छः नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अंत्योदय सरल पोर्टल के साथ जोडने की शुरुआत की पुलिस महानिदेशक ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन सेवाओं के एकीकरण का अनावरण किया प्रथम चरण में अंत्योदय सरल पोर्टल के साथ एकीकृत की गई हरियाणा पुलिस की सेवाओं में चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र कर्मचारी सत्यापन किरायेदार सत्यापन निजी सुरक्षा एजेंसी सत्यापन और खतरा मूल्यांकन सत्यापन शामिल हैं उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू गृहमंत्री अमित शाह और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस पर उन्हें श्भकामनायें दी है

एक टिवीट में उन्होंने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना की हरियाणा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का जन्म दिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया कई जगह सफाई अभियान चलाया गये और इस इस दिन लोगों सफाई को सफाई पर विशेष ध्यान रखने का संकल्प दिलाया गया पंचकूला झजजर अम्बाला करनाल फतेहाबाद और युमुनानगर सहित कई जगहों से हमारे सवाददाताओं ने प्रधानमंत्री के जन्म दिन पर स्वच्छता बारे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने के समाचार मिले है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आधुनिक भारत का नया निर्माता बताते हये उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दृढ़ निश्चय सरकार को राष्ट्र निर्माण की दिशा में साहसिक निर्णय लेने में मदद कर रहा है मंत्रालय ने तकनीकी विंग के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की योजना बनाई है

संस्थान के प्रवक्ता डा राजन शर्मा ने बताया कि इसके बावजूद सभी पहलुओं पर जांच हो रही है उनहोंने कहा िक संस्थान में अन्य प्रजातियों के पश् भी है लेकिन उन्हे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है उन्होंने कहा कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं ह्आ है यमुनानगर में कल एल्यूमिनियम फैक्ट्री गैंस सिलेंडर में लगी आग में झुलसे लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है यमुनानगर के अस्पताल में भर्ती घायलों के बारे में जिला उपायुक्त मुकुल कुमार व पुलिस अधीक्षक कुलदीप यादव ने जाकर जानकारी ली